केंद्र सरकार ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों और जम्मू कश्मीर में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का जोखिम तथा कठिनाई भत्ता बढ़ाया

यह स्मारक उन बहादुर सैनिकों के सम्मान में समर्पित है जिन्होंने आजादी के बाद से देश की सेवा में अपने प्राणों का बलिदान दिया भारतीय सशस्त्र बलों के पच्चीस हजार से ज्यादा सैनिकों ने राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है इस मौके पर पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना विश्व में सबसे साहसिक सेना में से एक है उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने हमेशा से चुनौतियों का सामना किया है और विरोधियों को करारा जवाब दिया है श्री मोदी ने कहा कि केंद्र की सरकार भारतीय सेना को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रयास कर रही है समारोह में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी उपस्थित थीं इस स्मारक में चार वृत्त हैं अमर चक्र वीरता चक्र त्याग चक्र और रक्षक चक्र इस युद्ध स्मारक परिसर में एक केन्द्रीय चतुष्कोण स्तंभ एक शाश्वत ज्योति और थल सेना वायु सेना तथा नौसेना की ऐतिहासिक पराक्रम को दर्शाती छह कांस्य वृतचित्र शामिल है परमवीर चक्र के इक्कीस विजेताओं की प्रतिमा परम योद्वा स्थल पर लगाई गई है केंद्रीय सशस्त्र बल भत्ता केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने माओवाद प्रभावित राज्यों और जम्मू कश्मीर में तैनात केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों का जोखिम और कठिनाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है निरीक्षक रैंक तक के कर्मियों को प्रतिमाह मौजूदा नौ हजार सात सौ रुपये के स्थान पर अब सत्रह हजार तीन सौ रुपये मिलेंगे अधिकारियों को प्रतिमाह मौजूदा सत्रह हजार तीन सौ रुपये के बजाय पच्चीस हजार रुपये दिए जाएंगे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कहा है कि इससे इन क्षेत्रों में तैनात अठासी हजार से अधिक कर्मियों को फायदा होगा प्रधानमंत्री पीएम किसान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान का शुभारंभ किया है इसके तहत चुने गए किसानों को दो दो हजार रुपये की पहली किस्त उनके बैंक खातों में भेजी गई

उत्तरप्रदेश के गोरखपुर शहर से इस योजना का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने किसानों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए किसान सम्मान निधि की घोषणा बीते एक फरवरी को अंतरिम बजट में की गई थी इसके तहत दो हेक्टेयर तक की जमीन वाले छोटे और सीमांत किसान परिवारों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये दिए जाने का प्रावधान किया गया है

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राज्य विधानसभा में यह ऐलान किया कांग्रेस सदस्य डॉक्टर लक्ष्मी ध्रव के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के लिए जारी निविदा से लेकर वितरण तक के मामलों की जांच नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग से कराई जाएगी श्री बघेल ने यह भी बताया कि योजना के तहत उनतीस लाख चौदह हजार आठ सौ पैंतालीस मोबाइल का वितरण किया जा चुका है नौ लाख बीस हजार पांच सौ अट्ठारह मोबाइल अभी बचे हुए हैं उन्होंने कहा कि बचे हुए मोबाइल की वापसी के लिए कंपनी से बात की जाएगी

विधानसभा रेत खनन रेत के अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए अब रेत घाटों पर सीसीटीवी कैमरे के जरिये नजर रखी जाएगी यह घोषणा आज राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने की उन्होंने यह भी दोहराया कि रेत खदानों को पंचायतों के अधिकार क्षेत्र से लेकर सीएमडीसी को सौंपा जाएगा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सदस्य प्रमोद कुमार शर्मा ने सदन में यह सवाल उठाया जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि रेत खदानों को सीएमडीसी को दिए जाने के बाद रेत की कीमतों में किसी प्रकार की वृद्धि न हो यह कोशिश भी की जाएगी उन्होंने यह भी कहा कि रेत खनन से पर्यावरण पर किसी प्रकार का दृष्प्रभाव न पड़े सरकार इसका भी ध्यान रखेगी

बताया जाता है कि जिले के पाटन क्षेत्र के कानाकोट में तीस साल के युवक की मौत स्वाईन फ्लू से हई है प्रकाश साहू नाम का यह युवक पिछले दस दिनों से बीमार था और उसका इलाज रायपुर के मेकाहारा में चल रहा था जिले में स्वाइन फ्लू से यह तीसरी मौत है अभी भी कुछ मरीजों का इलाज अस्पताल में चल रहा है दर्घटना जगदलपुर में आज एक निजी स्कूल की बस बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई इस हादसे में चौदह स्कूली बच्चे घायल हो गए हैं जिनमें से तीन की हालत गंभीर बनी हुई है आज दोपहर करीब पौने दो बजे डीपीएस स्कूल में छट्टी के बाद सभी स्कूल बसें बच्चों को लेकर एक कतार में निकल रही थीं इसी दौरान धरमपुरा इलाके के कालीपुर में आगे चल रही एक बस के अचानक रुक जाने की वजह से पीछे वाली बस उससे टकरा गई जिससे यह हादसा हुआ वहीं गरियाबंद जिले में गौरघाट के पास राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक एक सौ तीस में आज एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पुल से टकरा गई इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है कृषि विभाग फर्जी नियुक्ति पत्र संभागीय संयुक्त संचालक कृषि और जैव प्रौद्योगिकी रायपुर संभाग कार्यालय की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि उनके कार्यालय की ओर से भृत्य या अन्य किसी पदों पर भर्ती के लिए किसी तरह का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है और ना ही किसी भी पद के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है संयुक्त संचालक कृषि गयाराम ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा कार्यालय में भृत्य पद पर नियुक्ति और प्रशिक्षण को लेकर कुछ लोगों को फर्जी पत्र जारी किया गया है जिसमें आगामी तीन मई से अट्ठारह मई तक बिलासपुर स्थित जिला कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है संयुक्त संचालक ने इस सूचना को पूरी तरह फर्जी बताया है उन्होंने लोगों से कहा है कि इस तरह की गलत सूचना जारी करने वालों के बहकावे में न आएं किसान प्रदर्शन राजनादगांव में किसानों ने अपने चरणबद्ध आंदोलन के तहत आज वन और जल अधिकार को लेकर प्रदर्शन किया राजनांदगांव शहर में आयोजित इस धरना प्रदर्शन में जिले के अलग अलग क्षेत्रों के किसान शामिल हुए किसानों ने धरनास्थल पर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की इस मौके पर किसान नेताओं ने सभा को संबोधित भी किया दूसरी ओर धमतरी में भी आज किसानों ने जिला प्रशासन को अपनी मांगों से अवगत कराया कंडेल गांव के किसान नहरों और नालियों का पानी खेतों में भरने की शिकायत को लेकर कलेक्टोरेट पहुंचे थे स्वस्थ भारत यात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही स्वस्थ भारत यात्रा देश के अलग अलग जगहों से गुजरती हुई आज धमतरी के अजीम प्रेमजी स्कूल और क्रूद के संत गुरू घासीदास शासकीय महाविद्यालय पहुंची इस यात्रा के जरिये लोगों को भारतीय जनऔषधि पोषण और आयुष्मान भारत योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है यात्रा प्रमुख आश्तोष कुमार सिंह और गांधीवादी चिंतक प्रसून लतांत ने स्कूली बच्चों को जनऔषधि परियोजना के तहत संचालित दवाई दुकानों के बारे में बताया इक्कीस हजार किलोमीटर की यह यात्रा विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से निकाली जा रही है धमतरी के बाद अब यह यात्रा बिलासपुर के लिए रवाना हो गई है

इसका आयोजन भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो कार्यालय द्वारा किया गया इस अवसर पर फील्ड आउटरीच ब्यूरो बिलासपुर के प्रभारी अधिकारी केव्ही गिरी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अटल पेंशन योजना और मुद्रा योजना के बारे में जानकारी दी इस अवसर पर ग्रामीणों और बच्चों के लिए जन जागरूकता पर आधारित विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन भी किया गया संक्षिप्त समाचार खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में आज से तीन दिवसीय आदि रंग महोत्सव शुरू हो रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल राजधानी रायपुर के रिंगरोड क्रमांक एक के पास सुगम यातायात सुविधा के लिए बनाए गए ओव्हर पास और फ्लाई ओव्हर का लोकार्पण किया महासमुंद के बसना थाना क्षेत्र में वाहनों की जांच के दौरान करीब ढ़ाई लाख रूपये कीमत का तिरपन किलो गांजा बरामद किया गया है इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है राजनांदगांव जिले के मनकी गांव में करीब उन्नीस लोगों के डायरिया से बीमार होने के समाचार मिले हैं इनमें से पांच की हालत गंभीर बताई जाती है स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांव में शिविर लगाया गया है

कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ वनक्षेत्र के छिपछिपी और बुंदेली गांव के रिहायशी क्षेत्र में दंतैल हाथी के पहंचने से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है